संख्या बल को देखते हुए भाजपा को राज्यसभा में भी इसके आसानी से पास होने की उम्मींद है

अभित शाह केन्द्रीय गृहमंत्री अभित शाह ने दोहराया है कि जम्मू कश्मीर में स्थिति पूरी तरह सामान्य है उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन द्वारा सही समय का आकलन किए जाने के बाद नेताओं को रिहा कर दिया जाएगा गृहमंत्री ने कहा कि नेताओं को हिरासत में रखे जाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है

गृहमंत्री ने कहा कि घाटी में पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी आई है और आवश्यक सेवाएं पूरी तरह बहाल करे दी गई हैं मानवाधिकार दिवस आज विश्व मानवाधिकार दिवस है इस साल इसकी थीम यूथ स्टेण्डिंग अप फॉर हयूमन राईट्स यानि मानव अधिकारों के लिए खड़े हो रहे युवा है

नई दिल्ली में इस अवसर पर आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि व्यवहारिक धरातल पर मानवाधिकारों को प्रभावी ढंग से मजबूत करना संपूर्ण समाज का सामूहिक कर्त्वय है प्रदेश में भी इस अवसर कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं उमरिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला सत्र न्यायालय में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें न्यायाधीशों ने मानवाधिकार पर अपने विचार प्रकट किये जबलपुर ओशो महोत्सव आध्यात्मिक विभाग द्वारा प्रदेश में पहली बार राजकीय सम्मान के साथ ओशो महोत्सव मनाया जा रहा है महोत्सव को लेकर जबलपुर में ओशो के अनुयाइयों में खासा उत्साह है

उत्सव में पहले दिन सांस्कृतिक साहित्यिक मदरसा संस्कृत एवं योग की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं होंगी

बाल उत्सव में तीनों दिन लघ् भारत तथा समर्थ भारत प्रदर्शनी में भारत की लोक कला संस्कृति और परम्पराओं के साथ देश की उपलब्धियों की जानकारी दी जायेगी साथ ही स्काउट कैम्प और क्रिएटिव क्राफ्ट प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जायेगा बाल रंग उत्सव में स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ लेने के लिये फूड जोन बनाया जायेगा

विदिशा जिले में ग्यारसपुर के पास एक सड़क हादसे में कार सवार चार लोगों की मृत्यु हो गई

जबलपुर में आज एक तेज रफ्तार बस बाइक रौदते हुए पलट गई

टीकमगढ़ जिले में ग्रामीण बच्चों के लिए ई लाइब्रेरी की शुरूआत हो गई है

शिवपुरी जिले में ठंड बढ़ने के बाद स्कूलों के समय में परिर्वतन किया गया